इस महीने की पहली तारीख को राज्यपाल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियो और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर सड़क पानी की आप्रर्ति बिजली के कामो और परियोजना कार्य को समय पर प्रा करने पर प्नर्मूल्यांकन किया था

राज्यपाल ने अधिकारियो की परियोजना कार्य के पूरा होने में अधिक समय लगने पर स्थाई संरचनाओ में पूर्वनिर्मित सामग्रियो का उपयोग करते हए एक वैकल्पिक योजना अपनाने का भी स्झाव दिया

उन्होंने कहा कि राज्य में रबर की खेती की काफी संभावनाएँ है और पिछले कुछ साल पहले पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिला था उन्होंने कहा कि हालाकि अपने उत्पादो की विपणन न होने के कारण लोगों के बीच रबर की खेती को लेकर अनिच्छा पैदा हई है डॉ राघवन ने राज्य में रबर की खेती के तहत क्षेत्रो को लाने और रबर उत्पादको के दोहन के लिए उन्हे प्रशिक्षण देने तथा फसल के बाद रबर शीट के विपणन में और स्विधा प्रदान करने का आश्वासन दिया

जिला उपायुक्त तारो मिजे ने बताया कि यह घटना दिन को करीब ग्यारह बजे ह्ई उन्होंने बताया कि अंचल अधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियो का दल घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने के अलावा प्रभावित परिवारो की सहायता में लगा हआ है

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों दवारा सभी कर्मियों को राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा की शपथ दिलाई गई और उनसे संत्लित आहार के बारे में लोगो को जागरुक करने का आहवान किया गया

ईस्ट कामेंग जिले के ल्मद्रंग गांव में इस अभियान के तहत कल राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नात्ंग विभाग के सलाहकार क्मसी सिडिसो प्रींसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट और राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव आर के सिंह जिला उपाय्क्त पी अभिषेक सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में सैतालीस लोगों ने अपना एयरगन सरेंडर किया अपने संबोधन में वन और पर्यावरण मंत्री ने लोगों से वन और वन्य जीवों के संरक्षण की अपील करते हुए सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया

बैठक में प्रोफेसर क्श्वाहा ने अंत विषय अन्संधान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय और राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर य्वाओ को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया बैठक में अन्संधान प्रकाशन और आउटरीच एवं विस्तार कार्यक्रमों की श्रेणियों के तहत सहयोग और य्वाओ को जोड़ने के लिए कई उपायों एवं सुझावो पर भी चर्चा की गई